मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायतों को अपने राजस्व संसाधनों को बढ़ाने के प्रयास करने को कहा है शिमला में आज ग्रामीण विकास व पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सरकार ने इच्छुक बेरोजगार ग्रामीणों को मनरेगा के तहत अपनी भूमि में कार्य करने की स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि ये कार्य ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की शैल्फ में शामिल न होने पर भी किए जा सकेंगे जयराम ठाकुर ने बताया कि विभाग ने मनरेगा के तहत हुए कार्यों में गुणवत्ता सुधार के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ भी स्थापित किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा मण्डी शिमला और सोलन जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं और शेष जिलों में जल्द ही ये नियुक्तियां की जाएंगी

उन्होंने कहा कि विभिन्न तकनीकी स्वीकृतियों में विलम्ब रोकने के लिए प्रभावी तंत्र बनाने की जरूरत है ताकि कार्य शीघ्र आरंभ हो सकें जयराम बाद में मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग की समीक्षा बैठक में कहा विकास कार्यों को गति देने के लिए स्थानीय शहरी निकायों को भी आय सुजन के लिए अपने साधन सुजित करने के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए उन्होंने कहा कि नगर परिषदों में अधिकतम पार्किंग स्थलों को विकसित और स्तरोन्नत करने के प्रयास करने की ज़रूरत है ताकि सुचारू यातायात व्यवस्था बनी रहे मुख्यमंत्री ने विशेषकर धर्मशाला और शिमला स्मार्ट सिटी में विकास परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने पर बल दिया

इसे प्रति व्यक्ति पांच किलो की दर से मई व जून माह में कामगारों को मुफ्त आबंटित किया जा रहा है

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के योजनाबद्व विकास और समस्या के समाधान के वचनबद्व है वे आज सोलन जिले के कंडाघाट में हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति द्वारा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बोल रहे थे सुरेश भारद्वाज ने कहा कि लोगों को उनके घर द्वार के समीप ही विभिन्न सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से ग्रम व नगर नियोजन अधिनियम के दायरे से ग्राम पंचायतों और क्षेत्रों को बाहर करने के संबंध में सरकार को आवेदन मिले हैं परमार कांगड़ा जिले में सुलह क्षेत्र की मरहूं पंचायत में विद्युत सब स्टेशन और गौ सदन के निर्माण कार्य का विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने आज जायजा लिया उन्होंने दोनों विकास योजनाओं को समयबद्व पूरा करने के निर्देश दिए

ग्डिया बोर्ड सक्षम ग्रंडिया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा ने महिलाओं को सोशल मीडिया से किसी भी अनजान व्यक्ति से दूर रहने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि अपराध रोकने के लिए महिलाएं पुलिस और प्रशासन की मददगार बन सकती हैं उन्होंने डीएसपी रोहडू से पिछले दिनों क्षेत्र में बालिकाओं के साथ हुए जघन्य अपराधों के मामले में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया है

अकादमी के सचिव कर्म सिंह ने आज शिमला में बताया कि निर्णायक मंडल द्वारा संस्तुत नामों के आधार पर ये पुरस्कार घोषित किए गए हैं कला संस्कृति भाषा और साहित्य के क्षेत्र में दोनों वर्षो के लिए चार शिखर सम्मान प्रदान किए जाएंगे प्रत्येक शिखर सम्मान की राशि एक लाख रूपए होगी प्रशिक्षण सरकार द्वारा अनलॉक में ढील के तहत पहले चरण में होटल रैस्तरां शॉपिंग मॉल और धार्मिक संस्थान खोलने का प्रस्ताव है सिरमौर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन संस्थानों को खोलने से पहले संस्थान मालिकों और कर्मचारियों को कोरोना संकमण से बचाव के लिए प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा उपायुक्त आर के परूथी ने बताया कि यदि कोई संस्थान बिना प्रशिक्षण के बावजूद खोला जाता है तो उसे सील कर दिया जाएगा पर्यावरण संरक्षण किन्नौर जिले में कल्पा की कामरू पंचायत को पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है शिमला में कल एक कार्यक्रम में जिले को इस पुरस्कार से नवाजा गया किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने बताया कि कामरू पंचायत को ये पुरस्कार मिलने से अन्य पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी मॉनसून तैयारी लाहौल स्पीति के उपायुक्त केकेसरोच ने आज केलंग में मॉनसून की तैयारियों को लेकर बैठक की उन्होंने इस संबंध में विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जिले में आपदा से बचाव के लिए रिस्पांस टीमें गठित की जाएंगी

कांगड़ा जिले में चार नए पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हई है और ये सभी दिल्ली से वापिस लौटे हैं हमीरपुर में भी एक महिला के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है ये महिला दो जून को लुधियाना से आई थी और होम क्वारंटीन में थी

रामस्वरूप सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए कांग्रेस नेताओं से दलगत राजनीति से उपर उठकर सरकार के साथ सहयोग करने की सलाह दी है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की लोकप्रियता से बोखला गए हैं और केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तीव्र गति से हो रहे हैं जिसका श्रेय मुख्यमंत्री समेत उनके पूरे मंत्रिमण्डल को जाता है सफाई कर्मचारी सोलन में प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के आश्वासन के बाद इन कर्मचारियों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है ये कर्मचारी नियमितिकरण और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चार दिनों से धरने पर बैठे थे सोलन के उपमंडल अधिकारी रोहित राठौर ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक कर इनकी समस्याओं को हल किया गया है और अब इन्हें सरकार तक पहुंचाया जाएगा

प्रशासन ने बीएसएनएल के साथ एक समझौता किया है

इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है सभी घायलों को नाहन मैडिकल कॉलेज में उपचार के लिए दाखिल किया गया है विधायक राजीव बिंदल ने भी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहयोग किया मार्ग लाहौल स्पिति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने कहा है कि ग्राम्फु काजा समदो मार्ग को सीमा सड़क संगठन से लोक निर्माण विभाग को देना तर्कसंगत नहीं है सर्दियों में बर्फबारी से बंद सड़क को खोलने के कार्य को बीआरओ ने रोक दिया है और अब लोकनिर्माण विभाग को इसे सौंपा गया है रवि ठाकुर ने कहा कि बीआरओ ही ऐसे दुर्गम क्षेत्र में सड़क निर्माण और रख रखाव के लिए सक्षम है उधर चंबा जिले में राजगुंधा से बडाभंगाल के लिए प्रधानमंत्री ग्रमीण सड़क योजना के तहत बनने वाली बस योग्य सड़क के कार्य का आज शुभारंभ हुआ

भरमौर क्षेत्र के बजोल पंचायत की प्रधान सीमा देवी के अनुसार क्षेत्र में सड़क सुविधा न होने से लोगों को परेशानी होती थी और अब निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों की लंबे समय की चल रही मांग पूरी हुई है